आज मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का वीडियो कान्फ्र स के जरिये उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि रीवा ने वास्तव में इतिहास रचा है रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर के प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप पांच देशों में पहुंच गये हैं

क्योंकि सौर ऊर्जा सौर है प्यौर है और सिक्योर है

देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास के नये युग की ओर बढ़ रहा है विकास के नये शिखर की तरफ बढ़ रहा है हमारी आशाएं आकांशाएं भी बढ़ रही हैं और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा की बड़ी परियोजनाओं की शुरूआत कर यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लाभ देश के काने कोने समाज के हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे

यह प्रतिबंध सोमवार प्रातः पांच बजे तक लागू रहेंगे ब्यौरा हमारे संवाददाता से प्ररे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लागू होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खूलेगा और व्यापारिक गतिविधियां तथा बाजार बंद रहेंगे हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाली इकाइयों और ग्रामीण इलाकों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर सारा औद्योगिक कामकाज बंद रहेगा रेल और हवाई यातायात के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गो पर आवागमन और माल की दुलाई पर इन प्रतिबंधों का असर नहीं होगा

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ लगाये गये प्रतिबंधों के बारे में प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने कहा है कि आज रात से शुरू होने वाले प्रतिबंधों को लाकडाउन नहीं समझना चाहिए और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है

मुख्य सचिव ने आकाशवाणी के जरिये राज्य के लोगों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधों का कडाई से पालन करें बाइट देखिए हम सभी को कोविड महामारी को रोकने के लिए कि जब तक बहुत आवश्यक न हो अपने घर से बाहर न निकलें अपने घर में ही रहें

ऐसे लोग राज्य के सभी शहरों में स्थापित कोविड डेस्क से जानकारी भी ले सकते हैं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

कुख्यात अपराधी विकास दुबे को आज सुबह कानपुर के निकट भौंती में मुठभेड में मार गिराया गया कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कमार ने बताया कि उज्जैन से लाते समय उसने पुलिसकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश की अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पूलिस कर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसे चारों तरफ से घेर के उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्म रक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई जो अभियुक्त उसको अस्पताल लाया गया है यहां के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि स्वदेश लौटने के इच्छुक ज्यादातर भारतीय खाड़ी देशों मलेशिया और सिंगापुर से हैं उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय दूतावास स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीय नागरिकों की हर तरह से मदद कर रहे हैं